राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा कि बुनियादी शिक्षा भविष्य की शिक्षा की रीढ़ है छोटे बच्चों में सिखने की शक्ति ज्यादा होती है और इनमें सुधार की संभावना भी ज्यादा होती है उन्होंने कहा कि बच्चों को सीखने का तरीका ऐसा हो जिससे बच्चे आसानी से सीख सके उन्होंने इसके लिये शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता बताई राज्यपाल आज लखनऊ राजभवन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय विद्यालयों के संचालन के बारे में प्रस्तुतीकरण देख रही थी उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को पोस्टर और चित्रों के माध्यम से सिखाने की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है

ये सामग्री ट्रेनों द्वारा संबंधित राज्यों में पहुंचाई जाएगी राहत सामग्री में तिरपाल साडियां धोतिया सूती चादर रसोई का सामान चादरें सर्जिकल मास्क पीपीई किट आर दस्ताने हैं

उन्होंने प्रदेश में एक लाख टेस्ट प्रतिदिन करने के लिये कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिये ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करना जरूरी है मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने जनपद लखनऊ गाजियाबाद कानपूर नगर वाराणसी प्रयागराज गोरखपुर और बलिया में विशेष सतर्कता बरतते हुए डोर दू डोर सर्वे द्वारा मेडिकल स्क्रीनिंग का काम सघन रूप से करने के भी निर्देश दिये उन्होंने बारिश के मौसम को देखते हुए संचारी रोगों की रोकथाम के लिये सभी आवश्यक प्रबंध करने क लिये कहा उन्होंने कहा कि आगामी शनिवार और रविवार को संचालित होने वाले विशेष अभियान के अन्तर्गत सैनिटाइजेशन फांगिंग और स्वच्छता संबंधी कार्यो को पूरी तत्परता से किया जाये

बोर्ड ने शॉपिंग मॉल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों कार्यालयों और संस्थाओं से भी पीपीई किट के निपटान के लिए यही तरीका अपनाने को कहा है बोर्ड ने यह भी कहा है कि सामान्य ठोस कचरे को क्वारेंटीन केन्द्र से निकलने वाले ठोस कचरे के साथ मिलाया नहीं जाना चाहिए बल्कि दोनों तरह के कूड़े को अलग अलग रखा जाना चाहिए कोविड रोगी से संबंधित सभी तरह के कचरे को अलग थैले में मजबूती से बांधकर ही कूड़ा उठाने वालों को सौंपा जाना चाहिए कूड़ा कचरा कम बने इसके लिए बोर्ड ने बायो डिग्रेडेबल या इस्तेमाल के बाद फैंकने वाले सामान के उपयोग की सलाह दी है

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर ने सिप्ला कंपनी को किफायती टेक्नोलाजी उपलब्ध कराकर इस दवा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सरकार ने स्रक्षा कारणों से भारतीय सीमा से लगे देशों से सरकारी खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है

आदेश के अनुसार भारत की सीमा से लगे देशों की कंपनियां सक्षम प्राधिकरण से पंजीकृत होने पर ही वस्तुओं परामर्श और गैर परामर्श सेवा या परियोजना कार्यों की सरकारी खरीद और नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगी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

देश में महामारी के बाद एक दिन में ठीक होन वालों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह मौके के अनुरूप आयोजित किया जाना चाहिए हालांकि राज्यों जिला और पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सुरक्षित दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बड़े आयोजन की अनुमति न दें इसमें कहा गया है कि लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल टैक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री का अभिभाषण गार्ड ऑफ ऑनर राष्ट्रीय ध्वज फहराना राष्ट्रगान और तिरंगे गुब्बारों को छोड़ने जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे दिशानिर्देश में कोविड योद्धाओं जैसे कि डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों स्वच्छता कर्मियों को उनकी सेवा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के नजरिये से विशेष रूप से आमंत्रित करने को भी कहा गया है सरकार ने दशभर के राज्य और जिला प्रशासनों से आत्मनिर्भर भारत अभियान से जन जन को जोड़ने संबंधी कार्यक्रमों को भी अधिकतम बढ़ावा देने का आग्रह किया है कानपूर नगर में संजीत यादव अपहरण और हत्या मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बर्रा थाना के पूर्व प्रभारी निरीक्षक रणजीत राय और चौकी इंचार्ज राजेश कुमार को निलम्बित कर दिया गया वहीं इस मामले में शासन द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक कानपुर दक्षिण श्रीमती अर्पणा गुप्ता और तत्कालोन क्षेत्राधिकारी मनोज गुप्ता को भी निलम्बित किया गया है इस मामले में अपहरण की घटना में फिरौती के लिये पैसे दिये गये थे या नहीं इसके संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय लखनऊ वोपी जोग दंड को कानपुर पहुंच कर जांच करने के निर्देश दिये गये हैं गौरतलब है कि संजीत यादव की लगभग एक माह पूर्व अपहरण हुआ था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी प्रदेश में हो रही वर्षा और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों से वर्षा जल आने के कारण कई नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकलां घाघरा नदी बाराबंकी के एल्गिंग ब्रिज अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है